भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर मतदाताओं की सुविधा के लिए अब वोटर सर्च का विकल्प उपलब्ध वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच

आधिकारिक जानकारी के अनुसार छब्बीस जनवरी को राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण कर परेड की ुसलामी लेंगे वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जांजगीर चाम्पा में ध्वज फहराएंगे इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अम्बिकापुर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सूरजपुर महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया बालोद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा तथा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे वहीं प्रदेश के शेष जिला मुख्यालयों में अन्य मंत्री और विधायक तिरंगा फहराकर जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे प्रधानमंत्री स्वागत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सवेरे संक्षिप्त प्रवास पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने पृष्पगुच्छ भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया श्री मोदी ने श्री बधेल को उनके नेतृत्व में बनी नेई सरकार के लिए शुभकामनाए दीं इस मौके पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सांसद रामविचार नेताम सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली से ओड़िशा जा रहे थे इस दौरान उनका विशेष विमान माना विमानतल में उतरा यहां से वे हेलीकॉप्टर से बलांगीर के लिए रवाना हुए वहां से दोपहर को वापस आकर प्रधानमंत्री रायपुर से होकर केरल के लिए रवाना हो गए आरक्षण अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम लागू हो गया है सरकार ने एक सौ तीनवें संविधान संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस के प्रावधान लागू करने के लिए चौदह जनवरी की तिथि अधिसूचित की थी क्म्भ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक कृम्भ आज से उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में पवित्र स्नान के बाद शुरू हो गया है आस्था और विश्वास की पवित्र डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में लोग रात से ही संगम तट पर पहुंचने लगे थे वहीं मेले का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों द्वारा गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती नदी के संगम स्थल पर पहली ड्वकी लगाने के साथ हुआ

मेला स्थल पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं यह कुंभ मेला उनचास दिनों तक चलेगा और चार मार्च को महाशिवरात्रि के दिन मेले का समापन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनायें दी हैं तबादला राज्य सरकार ने धमतरी और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है जारी आदेश के अनुसार धमतरी के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को नारायणपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इनके अलावा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एआईजी बालाजी सोमावार अब धमतरी के नए पुलिस अधीक्षक होंगे वहीं हाल ही में नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक बनाए गए आईके एलेसेला को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है पुलिस विभाग के अलावा जनसंपर्क विभाग में भी कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है इनमें संयुक्त संचालक सहायक संचालक और उप संचालक स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं संयुक्त संचालक केपी साय को रायपुर से बिलासपुर हर्षा पौराणिक को बिलासपुर से रायपुर संतोष सिंह को अंबिकापुर से रायपुर और आलोक देव को रायपुर से अंबिकापुर पदस्थ किया गया है इसी तरह संयुक्त संचालक धनंजय राठौर को जनसंपर्क संचालनालय से रायपुर स्थित सूचना आयोग में भेजा गया है और डीएस कुशराम का तबादला रायपुर से जगदलपुर किया गया है निर्वाचन आयोग वोटर सर्च भारत निर्वाचन अयोग ने अपनी वेबसाईट में मतदाताओं की सुविधा के लिए अब वोटर सर्च का विकल्प उपलब्ध करा दिया है इसके माध्यम से मतदाता अपनी खुद की जानकारी सर्च कर सकते हैं इसके लिए मतदाताओं को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट इन वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा वहीं आयोग ने वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच किया है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुव्रत साहू ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के पहले भारत निर्वाचन आयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष एप्लीकेशन भी लांच करने जा रहा है इसमें मतदाता दिव्यांग रजिस्ट्रेशन और व्हीलचेयर जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे

केंद्रीय बाल परिषद द्वारा चुने गए इन बच्चों में झगेन्द्र साह रितिक साहू और श्रीकांत गंजीर शामिल हैं इन बच्चों को छब्बीस जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा धमतरी के श्रीकांत गंजीर ने अपनी जान पर खेलकर तालाब में डूब रहे अपने दोस्त की जान बचाई थी वहीं रायपुर के रितिक और झगेन्द्र ने भाटागांव एनीकट में अपने साथियों को ड्रबने से बचाया था इसके अलावा राज्य बाल कल्याण परिषद ने भी राज्य वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में चयन समिति ने चार बच्चों का चयन किया है इनमें महासमुद जिले के सोमनाथ वैष्णव और प्रनम यादव रायगढ़ के प्रशांत बारीक और सरगुजा की कांति का नाम शामिल हैं महासमुद के सोमनाथ और पूनम ने तालाब में डूब रहे बच्चे की जान बचाई थी वहीं रायगढ़ के प्रशांत ने भी नदी में नहाते समय डूब रहे अपने एक दोस्त की जान बचाई जबकि सरगुजा जिले की कांति ने हाथियों के झुण्ड में फंसी अपनी तीन साल की बहन को सक्शल बाहर निकालकर अपने साहस का परिचय दिया

इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों में खरीदी के लिए व्यवस्थित कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं इस संबंध में सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है मीडिया कार्यशाला रायपुर स्थित पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी की ओर से ग्रामीण अंचलों में कार्य करने वाले पत्रकारों के लिए आज एकदिवसीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया भिलाई में हुई इस कार्यशाला का श्भारंभ वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर ने किया इस अवसर पर पीआईबी के सहायक निदेशक सुनील कुमार तिवारी और भिलाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष टी सूर्याराव सहित प्रदेश के कुछ अन्य वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित थे विस्फोटक बरामद दंतेवाड़ा जिले में मोखपाल बड़ेगुडरा मार्ग पर आज करीब दो सौ किलो विस्फोटक बरामद किया गया जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इलाके में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी

फल फूल प्रदर्शनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव गांव में जैविक खेती और जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है रायपुर के गांधी उद्यान में राज्य स्तरीय फल फूल और सब्जी प्रदर्शनी के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार भी इसके लिए पूरा सहयोग करेगी आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का बुनियादी ज्ञान होना वांछनीय है

इसका आयोजन वर्ष उन्नीस सौ उनचास में जनरल केएम करिअप्पा द्वारा सेना की कमान संभालने की स्मृति में हर साल आज ही के दिन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की बैठकें कल सोलह जनवरी को रायपुर के एकात्म परिसर में स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत की गई है पार्टी के कोर ग्रुप की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह नेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित भाजपा प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पांच फरवरी से रायगढ़ बिलासपुर मेमू के परिचालन समय में बदलाव किया है नौ फरवरी से पटना बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन की रायगढ़ और चांपा स्टेशनों की समय सारिणी में भी मामूली बदलाव किया गया रायपुर जिले के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण के लिए कल सोलह जनवरी को परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा